केन्द्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कल क्रूक्षेत्र में शुरू होने जा रहा है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग सात करोड़ किसान लाभान्वित हये है इस योजना के अंतर्गत किसानों को तीन किश्तों में सलाना छः हजार रूपये की राशि दी जाती है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब मे कहा कि इस वर्ष पहली दिसम्बर से लाभार्थियों का केवल आधार प्रमाणित डाटा के आधार पर ही योजना के लाभ दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के निदेशानुसार राज्य सरकारों ने प्रचार एवं जागरूकता अभियान चलाये ताकि लाभार्थियों को योजना का लाभ मुहैया कराने के लिए आधार प्रमाणित डाटा का ही प्रयोग हो उन्होंने ये बताया कि उत्तरप्रदेश के लगभग एक करोड़ सतासठ लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिला है जो बाकी राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक है हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने घोषणा की है कि अब किसानों की तर्ज पर पश्पालकों के भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे कृषि मंत्री बनने के बाद वे पहली बार भिवानी पहूंचे श्री दलाल ने कहा कि कर्ज माफी कोई समाधान नहीं हम ऐसी योजनाएं बनाएंगे कि किसान कर्जदार ही ना बने साथ ही कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करना और उन्हे प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना लक्ष्य है कृषि मंत्री जे पी दलाल पहली बार लोहारू से विधायक बने है इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया

मंत्री ने कहा कि इस कचरे को इकट्ठा करना एक बड़ी समस्यस है और पार्टियों शादियो में खाने पीने के लिए प्रयोग किये जाने वाला सामान स्ट्रा प्लास्टिक कटलेरी इत्यादि जैसा कचरा इकटठा नहीं किया जाता और तदपरांत समुंद्र में बहा दिया जाता है जहां ये मछलियों का आहार बनता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि इसके लिए आदतों में सुधार की अति आवश्क्ता है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन ने आज इलैक्ट्रोनिक सिगरेट के उत्पादन निनिर्माण आयात निर्यात बिक्री वितरण भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाने सम्बधी विधेयक लोकसभा में पेश किया उन्होंने कहा कि ये विधेयक लोगों को ई सिगरेट के हानिकारक प्रभावों से बचाने के मद्देनज़र लाया गया है

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सितम्बर से इसके उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश मंजूर किया था

नीति आयोग ने आज देश में प्रौद्योगिकी नवाचारों में सह संयंत्र उद्योग व नीतिगत हस्ताक्षेत्र में उभरते अवसरों पर विचार विमर्श किय इस अवसर देश की मौजूदा स्थिति सह उद्योग और उभरते अवसरों पर चर्चा हई इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व बैंक सीआईआई माईक्रो सोफ्ट भारतीय तकनीक अनुसंधान आदि के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया और उचित व सतत अवसरों के माध्यम से द्विव्यांगों को सशक्त बनाने के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला केन्द्र सरकार लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व की ओर प्रयायरत है महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में अपने लिखित में कहा कि राजनीति मे महिलाओं को नेताओं के तौर पर सशक्त बनाने के मद्देनज़र केन्द्र पंचायती राज संस्थानों की चयनित महिला प्रतिनिधियों का सूक्षम बनाने बाले कार्यक्रम चलाने पर काम कर रहा है ताकि वे सामाजिक बदलाव के लिए उत्प्रेरक बन सकें

मौजूदा मंत्री परिषद में छः महिला मंत्री शामिल है

कला शिल्पसंस्कृति धरोहर तथा अध्यात्म के इस उत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ब्रह्म सरोवर के किनारे लगने वाले इस शिल्प मेला में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों एवं शिल्पियों का संगम होगा

इसके अलावा उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी महाआरती एवं भजन संध्या ध्वनि एवं प्रकाश शो तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उदघाटन होगा सायंकालीन पारी में सहभागी राज्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक प्रस्त्रति एवं प्रसिद्व पंजाबी गायक ग्रदास मान द्वारा प्रस्तुति भी होगी

मुख्य निवार्चन अधिकारी आज करनाल के लघु सचिवालय सभागार में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का श्भारंभ करने उपरांत उपस्थित प्रदेश के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ईवीपी मोबाईल एप्प को भी लाँच किया

जेजेपी के बाकी विधायकों को भी विभिन्न विभागों में अहम जिम्मेवारी दी जाएगी

कॉमन मिनिमम कार्यक्रम पर बोलते हए द्वष्यंत चौटाला ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रोडमैप बनाकर तैयार किया जाएगा जिसमें अनिल विज अनूप धानक और तीन पूर्व विधायक के साथ सभी विभाग के अधिकारी बैठकर चर्चा करेंगे उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोगाम तैयार होगा राज्य अपराध शाखा द्वारा कल पंचकूला पुलिस लाईन में हरियाणा प्लिस के कर्मचारियों को बैंक फ्रोड ऑन लाइन फ्रोड से बचने के लिए एचडीएफसी बैंक के मिलकर एक कार्याशाला का आयोजन किया गया जिसमें पंचकूला यमुनानगर अम्बाला तथा कुरूक्षेत्र के पुलिस कर्मचारियों ने हिस्सा लिया बैंक की तरफ से राजीव मेहरा अपनी चंडीगढ़ की पूरी टीम के साथ इस कार्यशाला में प्रलिस कर्मचारियों को जागरूक किया

कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी एवं द्रदर्शन के सभी मीटरों पर होगा